उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान कारण जहां गांवों में बीमारियां कम हो गई है वहीं इलाज पर लोगों का खर्च कम हो गया है श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि स्वच्छ भारत मिशन से लोगों के व्यवहार में बदलाव आया है प्रधानमंत्री ने कार्यकम में स्वच्छ विश्व के लिए चार मंत्र दिए

संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने भी राजघाट जाकर प्रष्पांजलि अर्पित की कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी राजघाट जाकर श्रद्वासुमन अर्पित किए इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया

श्रीमती राजे आज सुबह जयपुर में गांधी सर्किल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर बापू को नमन किया श्रीमती राजे ने इस अवसर पर कहा कि हम सबको बापू के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए उन्होंने कहा कि हमें सबको गले लगाकर अपने सपनों का राजस्थान बनाना है उदयपुर में आज गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने गांधी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया डूंगरपुर में गांधी जयंती पर साक्लोथॉन हुई

इसी सिलसिले में आज डाक विभाग ने महात्मा गांधी पर सात वृत्ताकार डाक टिकट जारी किए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में ये डाक टिकट जारी किए

इस अवसर पर जयपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए

शाम को सांस्कृतिक कार्यकमों का भी आयोजन किया जाएगा उद्घाटन समारोह में चौमू विधायक रामलाल शर्मा ने प्रदर्शनी की सराहना की राजस्थान विश्वविद्यालय के गांधी अध्ययन केन्द्र की निदेशक प्रोफेसर विद्या जैन ने कहा कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक है और इनके जरिये हिंसा और अन्य समस्याओं का समाधान किया जा सकता है

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में शास्त्री जी की समाधि विजयघाट पर श्रद्वासुमन अर्पित किए श्री मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि शास्त्री जी सौम्य व्यक्तित्व कुशल नेतृत्व और साहस के प्रतीक थे

इस दौरान पात्र मतदाताओं के नाम मौके पर जोड़ने के साथ ही दोहरी संदेहास्पद या स्थानान्तरित मतदाताओं की प्रविष्टियों को हटाने की कार्यवाही की गई

गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को नागौर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया लेकिन बाद में उन्हें जोधपुर भेज दिया गया